महिला बंदी जेल रक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अर्हता के मानकों में बदलाव अब इण्टरमीडिएट पास अभ्यर्थी ही कर सकेंगे आवेदन

देहरादून में आज सुबह बारि के कारण सात लोगों की मृत्यु भारी बारि ा के कारण राज्य के विभिन्न मोटर मार्ग यातायात के लिए बाधित आयुष्मान भारत राज्य के सभी परिवारों को आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा

राज्य में पूर्व से ही संचालित यू हेल्थ और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना में ही समाहित करने का निर्णय लिया गया है इस योजना से जुड़ने के बाद लाभार्थियों को केवल राज्य में ही नहीं बल्कि देश के किसी भी स्थान पर सुचीबद्ध अस्पतालों में इलाज का लाभ मिल सकेगा देहरादून में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि नागरिकों को सुरक्षा देने किसी भी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है उन्होंने अधिकारियों को राज्य में आयुष्मान योजना अच्छे ढंग से लागू करने के लिए योजना तैयार करने के निर्देश दिए उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में संचालित अस्पतालों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्राविधान करने को भी कहा मंत्रिमण्डल बैठक प्रदेश सरकार ने महिला बंदी जेल रक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अर्हता के मानकों में बदलाव किया है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में देहरादून में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में उत्तराखंड महिला बंदी जेल रक्षक सेवा नियमावली में तीन संशोधनों को मंजूरी दी गई अब इस पद के लिए इंटरमीडिएट पास अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगी जबकि पहले इस पद पर हाईस्कूल पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते थे पत्रकारों से बातचीत में कैबिनेट प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि संसोधन के अन्तर्गत आयुसीमा और शारीरिक परीक्षा के मानकों में भी बदलाव किया गया है उन्होंने बताया कि मंत्रिमण्डल की बैठक में पौड़ी जिले के यमकेश्वर विकासखंड में बिथ्याड़ी स्थित महायोगी गोरखनाथ अशासकीय महाविद्यालय को राजकीय महाविद्यालय का दर्जा देने का भी निर्णय लिया गया डिजिटाइजेशन टिहरी राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है

जिलाधिकारी ने कहा कि सरकारी राशन की दुकानों को डिजिटल कर कॉमन सर्विस सेन्टर के रुप में विकसित करने से स्थानीय लोगों को विभिन्न सुविधाए एक ही स्थान पर मिल सकेंगी गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए प्रदेश में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं रवाना अल्मोड़ा की जीवनरेखा कही जाने वाली कोसी नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से कोसी पुर्नजनन अभियान रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया

गौरतलब है कि हरेला पर्व के दिन कोसी नदी के कैचमेन्ट एरिया में एक घन्टे में एक लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है जिला प्रशासन ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक लोगों की भागेदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं इंकार उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति और जनजाति के क्रीमी वर्ग के लिए पदोन्नति में आरक्षण पर अपने पहले के आदेश पर अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार कर दिया अर्टोनी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि सात न्यायाधीशों वाली पीठ को इस मुद्दे पर तुरंत सुनवाई करनी चाहिए क्योंकि रेलवे और अन्य सरकारी विभागों में लाखों नौकरियां न्यायिक फैसलों के कारण रूकी हुई है

देहरादून में आयोजित पंचायत विभाग की समीक्षा लेते हुए श्री पाण्डेय ने कहा कि पंचायत में आवंटित धनराशि आम जनता की है जिसके भूगतान में अनियमितता नहीं होनी चाहिए

मौसम देहरादून में आज सुबह हुई भारी बारिश के कारण सात लोगों के मारे जाने की खबर है सीमाद्वार के सामने एक मकान के ऊपर मलबा गिरने से चार लोगों की मृत्यु हो गई जबकि राजधानी में अलग अलग जगहों पर नदी में बहने से तीन लोग मारे गए कुमाऊं के पिथौरागढ़ में राम गंगा नदी में बागेश्वर जिले को जोड़ने वाला झूला पुल बहने की सूचना है गढ़वाल और कुमाऊं में भारी बारिश के कारण कई मार्ग अवरूद्ध हो गए हैं अत्यधिक बारिश के कारण सुरकन्डा मंदिर के पास मलबा आने से मसूरी धनोल्टी मलेथा राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बाधित हो गया है जबकि ऋषिकेश यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर डबरकोट के पास बार बार मलबा आने से यातायात प्रभावित हो रहा है प्रदेश के कई हिस्सों में कल रात और आज सुबह हुई बारिश के बाद नदियां और गाढ़ गदेरे उफान पर हैं पिथौरागढ़ में रामंगगा नदी अपने खतरे के स्तर पर पहुंच गई है और गोरी और काली नदी के जल स्तर में भी वृद्धि हुई है बारिश के कारण आज कुछ ज़िलों में स्कूलों को भी बंद रखा गया

भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए राज्य आपदा परिचालन केन्द्र के संयुक्त सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को सर्तक रहने के निर्देश दिए हैं

श्री तिवारी पिछले दिनों से खराब स्वास्थ्य के चलते दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती हैं

इस अभियान में स्कूली बच्चों के अलावा स्वयंसेवी संस्था ग्राम सभा और महिला मंगलदल प्रतिभाग करेगे राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज से सटे क्षेत्रों में आतंक फैलाने वाले आदमखोर मादा तेंद्ए का आज सुबह मार दिया गया है